क्ल पचपन दशमलव चार सात प्रतिशत मतदाताओं ने डाले वोट कल होगी मतगणना राज्य सरकार ने किसानों से धान क्रय में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के दिये निर्देश प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर चौरानबे दशमलव दो तीन प्रतिशत हुई तीन दिवसीय विशेष फोकस टेस्टिंग अभियान कल से हुआ शुरू विश्व एड्स दिवस पर कल लोगों को जागरूक करने के लिये प्रदेश भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की ग्यारह सीटों पर कल मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक चला मतगणना कल होगी निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम पांच बजे तक कूल पचपन दशमलव चार सात प्रतिशत मतदान हुआ सबसे अधिक सत्तर दशमलव एक नौ प्रतिशत मतदान गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र में जबकि सबसे कम चौंतीस दशमलव दो छह प्रतिशत मतदान खंड स्नातक लखनऊ क्षेत्र में हुआ हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट बसपा को छोड़कर सभी प्रमुख पार्टियों भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

खंड स्नातक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ आगरा मेरठ वाराणसी और इलाहाबाद झांसी शिक्षक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ आगरा मेरठ वाराणसी बरेली मुरादाबाद और गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र चुनाव में पंजीकृत स्नातक मतदाता खंड स्नातक सीट के लिए और पंजीकृत अध्यापक मतदाता खंड शिक्षक क्षेत्र की सीट के लिए वोट डालते हैं प्रदेश मण्डी परिषद के अपर निदेशक कुमार विनीत ने बताया कि राज्य में इक्यावन धान क्रय केन्द्र स्थापित कर किसानों से धान तेजी से क्रय किया जा रहा है धान क्रय में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के भी निर्देश सभी मण्डी सचिवों को दिए गये हैं उन्होंने बताया कि किसानों को उनके उपज का भुगतान तेजी से किया जा रहा है अपर निदेशक ने बताया कि मण्डी परिषद में अब तक कुल उन्तालीस हजार आठ सौ अट्ठाईस मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी है उन्होंने बताया कि किसानों को पचपन करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया गया है तथा सात हजार दो सौ किसानों को इसका लाभ मिला अपर निदेशक ने बताया कि धान क्रय केन्द्र पर आने वाले किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध है उन्होंने बताया कि धान क्रय केन्द्रों का नियमित रूप से फीडबैक लिया जा रहा है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कल अपना छप्पनवां स्थापना दिवस मनाया उन्नीस सौ पैंसठ में भारत पाकिस्तान युद्ध के तुरंत बाद संसद में कानून बनाकर पहली दिसंबर उन्नीस सौ पैंसठ को इसकी स्थापना की गई थी सीमा सुरक्षाबल के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने समारोह को संबोधित करते हए देश को आश्वासन दिया कि बीएसएफ पाकिस्तान की नापाक घुसपैठ रोकने के लिए हमेशा तैयार है उन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान जान गंवाने वाले जवानों के परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा स्रक्षा बल के स्थापना दिवस पर बल के सभी कार्मिकों और उनके परिवारों को श्भकामनाएं दीं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फोकस टेस्टिंग अभियान के अन्तर्गत बारह हजार दो सौ नब्बे संक्रमित लोगों की पहचान की गई है उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये राज्य में तीन दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत बैंड बाजा मैरिज हाल और डीजे स्टाफ की फोकस टेस्टिंग कराई जायेगी श्री प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार सात सौ तीन नये मामले आये हैं वहीं तेइस हजार छः सौ सत्तर कोरोना के सक्रिय मामले हैं

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर चौरानबे दशमलव दो तीन प्रतिशत है उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित क्षेत्रों की मैपिंग की जा रही है जिसके माध्यम से संक्रमित इलाकों और मोहल्लों को चिन्हित किया जा रहा है इन सभी चिन्हित स्थानों की फोकस टेस्टिंग चार से दस दिसम्बर तक कराई जायेगी भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि वर्तमान में किसानों के द्वारा हाल में पारित किये गये कृषि सुधार विधेयक को लेकर जो आन्दोलन चलाया जा रहा है वह वास्तविकता से परे और विपक्षी दलों के गलत इरादों से प्रेरित है श्री पाल ने कहा कि यह आन्दोलन पूरी तरह से ऐसे विपक्षी दलों के द्वारा प्रेरित है जो सत्ता में रहते हुए कभी भी किसानों के हित में कार्य नहीं कर सके उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने के लिये और उनके आय को दोगुना करने के लिये कृषि सुधार कानून लेकर आई है जिसे विपक्ष पचा नहीं पा रहा है किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि आपको एमएसपी नहीं मिलेगी इस बार भी सभी खरीद मिनीमम सपोर्ट प्राइज पर हुई है और पिछली क्राप की तुलना में अधिक हुआ है जो विषेयक पारित हुआ है भारत की पार्लियामेंट में यह किसानों की आय को दुगना करने के लिये हुआ है यह किसानों का स्वावलम्बी बनाने के लिये हुआ है और आज किसान को अब वन नेशन वन मार्केट के आधार से अपनी उपज को देश में कहीं भी बेच सकता है जहां उसको लाम प्रद मूल्य मिलेगा और उसमें कोई उपकर भी नहीं लगेगा कोई टैक्स भी नहीं लगेगा केन्द्र सरकार किसानों की समस्याओं में अगर कोई ऐसी परिस्थितियां है तो उसको चर्चा के लिये तैयार है उसके समाधान के लिये तैयार है प्रदेश भर में कल विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता के विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है इस अवसर पर कल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा एचआईवी एड्स विषय पर लोगों को जागरूक किया गया सोसायटी ने लोगों से अपील की कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को भी एक आम नागरिक की तरह स्वस्थ और खुशहाली भरा जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी के मूल तत्व को समझते हुए समाज में एकरूपता लाने के लिये एकजुट होने को कहा इस अवसर पर सोसायटी द्वारा एक एलईडी वीडियो वैन भी निकाली गई जिस पर विभिन्न विषयों जैसे स्वैच्छिक रक्त दान समय का मोल और एचआईवी पर कट्रोल जैसे विषयों पर आधारित वीडियो प्रदर्शित किये गये इस मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में जन जागरूकता स्टाल लगाये गये जहां एड्स विषय पर लोगों को जागरूक करते हुए निशुल्क परामर्श एवं जांच की सुविधा दी गई भारत ने वर्ष उन्नीस सौ बानबे में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी उसके बाद से इस संक्रमण के खिलाफ लोगों को जागरुक करने और इसकी रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया गया है